यह वैश्विक संस्थागत निवेशकों भारतीय व्यापार प्रमुखों भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट संवाद का मंच है केन्द्रीय वित्त मंत्री सीता रामन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग लेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज बिलासपुर ज़िले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ी में एक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे फैडरेशन शोध ऊना में कार्यरत स्वां वुमैन फेडरेशन की कामयाबी पर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जायका शोध करेगी

जायका के स्वां वॉटरशैड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत फैडरेशन की महिलाएं स्थानीय उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन कर रही हैं इनमें हल्दी गर्म मसाला लाल मिर्च और धनिया व त्रिफला पाउडर शामिल हैं पिछले तीन वर्षो में संस्था ने एक करोड़ रुपए से अधिक के मसाले बेचे हैं

प्रदेश में पिछले कल कोरोना से ग्यारह लोगों ने अपनी जान गंवाई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

आपका फैसला के शब्द हैं केन्द्र सरकार ने हिमाचल को दिया बड़ा तोहफा लूहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी

दैनिक भास्कर के शब्द हैं खांसी और बुखार होने पर टेस्ट नहीं करवा रहे लोग इसलिये बढ़े केस